सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

सीएम कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना चेन को तोड़ने में नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों से सहयोग देने का आहवान किया है उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही योग से निरोग का अभियान शुरू किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो स्वस्थ हैं उनको संक्रमण से बचाएँ उन्होंने जन प्रतिनिधियों से कहा कि जहाँ भी सर्दी जुकाम बुखार के प्रकरण की सुचना मिले तत्काल उनकी जाँच कराएँ और जाँच के साथ ही उन्हें मेडिकल किट भी प्रदाय की जाए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से हों इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेण्डर और फुटपाथ विक्रेताओं की आजीविका की सुरक्षा के लिए एक एक हजार रूपए उनके खातों में तत्काल जमा कराए गए हैं उन्होंने कहा कि शीघ्र ही काढ़ा वितरण का भी अभियान चलाया जाएगा

सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जायेगा

जन आंदोलन सिंगरौली की प्रसिद्ध एथलेटिक खिलाड़ी इंद् बाला ने आमजनों से अपील की है कि वे कोविड संकमण से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिये कोविड का टीका लगवाए

गौरतलब है कि प्रदेश में मार्च महीने के पहले हफ्ते से कोरोना संकमण के मामलों लगातार इजाफा हो रहा था कल पहली बार नये संकमितों की संख्या में कमी दर्ज की गई

प्रधानमंत्री जलवायु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जलवाय परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है और यह कार्रवाई वैश्विक स्तर पर बडे पैमाने पर और तेज गति से होनी चाहिए जलवायु परिवर्तन पर वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने हिस्से की जरूरी कार्रवाई कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु के प्रति जिम्मेदार विकासशील देश के रूप में भारत सतत विकास प्रतिमान स्थापित करने वाले साझेदारो का स्वागत करता है

गौरतलब है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आंमत्रित किया था

देवदत्त् पडिक्कंल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया

कप्तान कोहली आईपीएल क्रिकेट में छह हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गये

रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलौर की ओर से मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल ने तीन तीन विकेट लिए टूर्नामेंट में आज चेन्नैई के एमए चिदबंरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा